झारखंड की मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है झारखंड की मध्रपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार गंगानारायण सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन के बीच कांटे की टक्कर है सातवें राउंड की समाप्ति पर भाजपा उम्मीदवार ने तीस हजार दो सौ से अधिक मत प्राप्त किया है वहीं हफीजुल हसन चौतीस हजार से अधिक मत प्राप्त कर गंगा नारायण सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं

हेमंत सोरेन सरकार में वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने थे

उधर पश्चिम बंगाल असम केरल तमिलनाडु और केन्द्रेशासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गयी है

निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना केन्द्रों पर कोविड के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं राज्य चुनाव अधिकारी को कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूसों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है प्रमाणपत्र प्राप्ती करने के लिए विजयी प्रत्याशी के साथ केवल दो लोग ही जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषज्ञों के साथ बैठक में देश में कोविड और टीकाकरण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री ऑक्सीजन और कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का जायजा लेंगे वे महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे और इसे बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे प्रधानमंत्री कोविड और अन्य संबंधित मुद्दों पर निकट से नजर रखने के लिए लगभग हर दिन विभिन्न पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं

कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है

केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्वयंसेवी समूहों गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सहायता डेस्क की व्यवस्था करने की सलाह दी है

कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमितों के बढने के कारण देश में कुल मामलों की संख्या लगातार बढ रही है देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर में लगातार कमी हो रही है एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में छह हजार तीन सौ तेईस नए संकभितों की पुष्टि हुई है इसमें सबसे ज्यादा एक हजार तीन सौ सतहत्तर रांची जिले में संक्रमित मिले हैं वर्तमान में प्रदेश में सकिय संकमित मरीजों की संख्या बढ़कर अंठावन हजार चार सौ सैतीस हो गई है पिछले चौबीस घंटे में एक सौ उनसठ संक्रमितों की मौत हुई है वहीं चार हजार सात सौ सत्तर मरीज स्वस्थ भी हुए हैं कल इकतीस हजार दो सौ पंचानवें नमूनों की जांच की गई राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर चौहत्तर दशमलव चार चार प्रतिशत पर पहुंच गई है जबकि मरीजो के स्वस्थ होने का राष्ट्रीय औसत इक्यासी दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है सरायकेला जिले में अनावश्यक रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर का घर पर भंडारण करने वालों पर अनुमंडल पदाधिकारी राम कृष्णा कुमार द्वारा आम सूचना जारी कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है

प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुल्बे ने इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव मंदीप भंडारी को पत्र लिखा है ये वेंटिलेटर तत्काल लगाने का भी अनुरोध किया गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक एसएस देसवाल ने वेंटिर्लेटर्स के लिए अनुरोध किया था

मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है इनमें से कुछ संयंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाए जा सकते हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में इथेनॉल के उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम से चावल दो हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही मिलेगा ईंधन श्रेणी के इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्र ने निगम में मौजूद मक्के और चावल के उपयोग की अनुमति दी है केंद्र ने कहा है कि आगामी वर्षों में भी निगम के पास मौजूद चावल डिस्टलरीज को दिए जाते रहेंगे

चीनी क्षेत्र की स्थिति सुद्रढ करने के प्रयोजन से और गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने बी हेवी मोलेसिस गन्ना रस और शुगर सिरप से भी एथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति दे दी है और चीनी भिलों को अपना अंतिरिक्त गन्ना एथेनॉल उत्पादन के लिए देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है

बार निकायों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने यह निर्णय लिया है

बोर्ड ने एक दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें किस प्रकार और किस आधार पर अंक देंगे

आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में राजस्थान रायल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा यह मैच दिन में साढे तीन बजे से शुरू होगा दूसरा मैच अहमदाबाद में शाम साढे सात बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैंपिटल्स के बीच खेला जाएगा